नरेन्द्र मोदी ऐप के जरिये मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना कई गुना रोजगार बढ़ाने का काम कर रही है

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आज भराड़ी रूल्द्रभट्टा कैथू अनाडेल समरहिल टुटू मंज्याट बालूगंज कच्चीघाटी टूटीकंडी कनलोग नाभा फागली में पानी की आपूर्ति की जाएगी

चंबा जिले के जोत के जंगल में लगी आग बुझाने के लिए गई वन विभाग की टीम का नेतृत्व कर रहे डिप्टी रेंजर अशोक कुमार की आग बुझाते वक्त पांव फिसलने से ढांक में गिरने से मौत हो गई डीएफओ डल्हौजी राकेश कटोच ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जंगल में लगी आग को बुझाते वक्त यह हादसा हुआ टीबी रोग के मरीजों को बेहतर पोषण के लिए हर महीने पांच सौ रुपये की राशि मिलेगी चंबा के अतिरिक्त उपायुक्त हेमराज बैरवां ने कल जिला क्षयरोग निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि ये राशि सीधे रोगियों के बैंक एकाउंट में जाएगी उन्होंने कहा कि टीबी मरीजों के बैंक खातों को जल्द उनके आधार नम्बर के साथ लिंक करके यह सुनिश्चित किया जाए ताकि पोषण अभियान के तहत मिलने वाली राशि सभी पात्र मरीजों को मिलनी शुरू हो जाए

शिमला शहर में पेयजल संकट पर हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ी खबर आज सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है पंजाब केसरी की सुर्खी है मंत्रियों विधायकों व अधिकारियों को टैंकरों से पानी की सप्लाई पर रोक अमर उजाला का शीर्षक है जजों मंत्रियों विधायकों और अफसरों को न दें टैंकों से पानी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पानी की किल्लत के चलते हाईकोर्ट के आदेश राजधानी में निर्माण कार्यो पर भी रोक दैनिक जागरण के अनुसार वीआईपी को टैंकर से पानी नहीं जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है फोन न उठाने वाले नोडल अफसरों पर होगी कार्रवाई जल संकट की भेंट चढ़ा शिमला समर फैस्टिवल हिमाचल दस्तक की खबर है आपका फैसला का शीर्षक है शिमला अंतर्राष्ट्रीय समर फैस्टिवल स्थगित

दैनिक भास्कर की सुर्खी है आरोपी अनिल ने वारदात के दो दिन बाद दो और महिलाओं से की थी दुष्कर्म की कोशिश जंगलों में लगी आग बुझाते डिप्टी रेंजर समेत चार की मौत शीर्षक से अमर उजाला लिखता है कांगड़ा चंबा कुल्लू और मंडी में घटनाएं अब तक सात की जा चुकी जान दैनिक जागरण के अनुसार जंगल की आग बुझाने गए डिप्टी रेंजर की मौत

अजीत समाचार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हवाले से लिखता है एम्स का निर्माण कार्य अगले माह से होगा शुरू इसी पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री से द ग्रेट खली की मेंट प्रदेश के दो जिलों में बड़ी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्य सरकार से मांगा सहयोग

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय आग का तांडव में लिखा है कि प्रदेश की अमुल्य वन संपदा को बचाने के लिए आग से खतरे का अनुमान बचाव और उसकी जानकारी के उपायों पर पहले से ही तैयारी करनी होगी दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय दोषी शिमला के कसूरवार में लिखा है कि शिमला में पेयजल संकट को दूर करने के लिए मानवीय महत्वकांक्षाओं को छोड़ना होगा

नमस्कार